म्ख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेशवासियों की लम्बे समय से चली आ रही मांग पूरी हई है एनआईटी के स्थाई कैम्पस के निर्माण से प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन को बढावा मिलेगा

वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि संस्थान के लिये धनराशि की मंजूरी से राज्य की बड़ी मांग पूरी हुई है उन्होंने केन्द्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार का भी धन्यवाद दिया है

इस अवसर पर उन्होंने विभाग की प्रगति में तेजी लाने के लिए योजनावार केलेण्डर तैयार करने के निर्देश दिये राज्यमंत्री ने बताया कि एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी आधारित योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है

उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाऐं आत्मनिर्भर होंगी इस लिए योजना का व्यपाक प्रचार प्रसार किया जाये